आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशव्यापी फिट इंडिया अभियान की शुरूआत करते हए उन्होंने कहा कि फिटनेस भारत में जीवन का अनिवार्य हिस्सा रहा है लेकिन समय के साथ लोग इसके प्रति उदासीन हो गये हैं उन्होंने कहा कि टैक्नोलॉजी के आने के साथ ही शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं

उन्होंने कहा कि फिट इंडिया अभियान लोगों को इन बदलावों के लिए प्रेरित करेगा प्रधानमंत्री ने लोगों से इस अभियान से जुड़ने को कहा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा आज का दिन भारत के नौजवान खिलाडियों को बधाई देने का है जो विश्व मंच पर देश के तिरंगे को लगातार नया गौरव प्रदान कर रहे हैं मेजर ध्यानचन्द की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है खेलमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देशवासियों के सहयोग से यह अभियान नई ऊंचाइयां छूएगा

समारोह में श्री भाटी ने कहा कि स्कूल और कॉलेज में खेलों को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है इसी से देश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन खिलाड़ी मिल सकेंगे उन्होंने कहा कि सभी मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं जिससे देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी तैयार हो सकें

इस मौके पर एक कार्यक्रम में मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित की गई वहीं राजकीय खेल संक्ल में संगोष्ठी और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ झालावाड़ में फिट इंडिया अभियान के शुभारंभ समारोह का सीधा प्रसारण स्कूलों में बच्चों को दिखाया गया फिट इंडिया अभियान के लिए विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिखा

राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने पहलवान बजरंग पूनिया और पैरा एथलीट दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया

आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार को लैंड एडवेंचर वर्ग में तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया

आज बाड़मेर जिले के मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के दस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में श्री गहलोत ने कहा कि इस कॉम्पलेक्स के बनने से क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार की कमी नहीं रहेगी मुख्यमंत्री ने कोयर्ने ऑयल एण्ड गैस वेदान्ता लिमिटेड की नयी योजना उज्जवल का उद्घाटन किया

इन हरित गतिविधियों में जंगल की आग की रोकथाम जैव विविधता प्रबंधन और मिटटी संरक्षण शामिल हैं केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने क्षतिप्रक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत राजस्थान सहित अन्य राज्यों के लिए यह राशि जारी की

श्री जावड़ेकर आज नई दिल्ली में सतत विकास और पचास खरब डालर की अर्थव्यवस्था के बारे में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है

ब्यूरो ने एएसआई के साथ दलाल को भी गिरफतार किया है

डूंगरपुर जिले में एक अन्य मामले में ब्यूरो के दल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्लम्बर पद पर तैनात जाकिर हसैन को छात्र से आफ लाइन प्रवेश दिलाने की एवज में रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है

उन्होंने आज आकाशवाणी जयपुर पर लाईव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के सवालों के जवाब दिये उन्होंने कहा कि आज और आने वाले समय की मांग है कि लिंग भेद को दूर कर महिलाओं को आगे बढने के पर्याप्त अवसर दिये जाये

श्री मेघवाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके द्वारा संचालित परियोजनाओं का लाभ गांव ढाणी और छितराई हई आबादी में बसने वाले अनुसूचित जाति वर्ग को जरूर मिले

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

सवाईमाधोपुर जिले के बाटोदा थाना के टिगरिया गांव में तीन लोगों पर जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल दो लोगों की आज मौत हो गई

सिरोही सवाईमाधोपुर में भी अच्छी बारिश हुई उधर टोंक के बीसलपुर बांध में पानी लगातार आ रहा है इस कारण आज उसका एक और गेट खोला गया